उन्होंने कहा कि स्थिति को नियंत्रित करने के लिए त्वरित और ठोस काम करने की जरूरत है

आज राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के म्ख्यमंत्रियों की बैठक को संबोधित करते हए प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना से लड़ाई में आज हम जहां तक पहंचे हैं और जो विश्वास उससे आया है उसे लापरवाही में नहीं बदला जाना चाहिए उनहोंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि लोगों को भयभीत न हो और हमें कदम उठाते हए लोगों को इस महामारी से छ्टकारा दिलाने के प्रयास करने हैं श्री मोदी ने पिछले एक वर्ष से जारी टेस्ट ट्रैक एंड ट्रीट यानि जांच पता लगाने और उपचार के बारे में समान रूप से गंभीर होने पर भी जोर दिया प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों से अपील की कि वायरस के प्रसार को रोकने के लिए वे छोटे कंटेनमेंट जोन बनाने पर ध्यान केन्द्रित करें इससे पहले प्रधानमंत्री ने इस वर्ष जनवरी में विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की श्रूआत से पहले मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत की थी

प्स्तकालय परियोजना प्राथमिकी विदयालयो में बच्चो के बीच पढ़ने एवं समझने सहित अपनी अभिव्यक्ति और सोचने की क्षमता को बढ़ाने की एक पहल है

स्कृल के हर एक बच्चों को इस सुविधा का लाभ दिलाने पर जोर देते हए राज्यपाल ने कहा कि प्स्तकालय परियोजना बच्चों के बीच जान और वैज्ञानिक सोच को प्रोत्साहित करेगा

यह योजना अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के सहयोग से राज्य दवारा संचालित पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है इस योजना को दिसंबर दो हजार इक्कीस तक चरण बद्ध स्तर से श्रु करने का लक्ष्य रखा गया है इस परियोजना के कार्यन्वयन से विशवसनीय पावर ग्रीड का निर्माण होगा और राज्यों को आगामी लोड केंद्रो से जोड़ने में स्धार होगा जिससे द्रदराज और सीमावर्ती क्षेत्रो और अरुणाचल प्रदेश तथा सिक्किम में सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं सहित ग्रिड से ज्ड़े बिजली के लाभों का विस्तार होगा यह परियोजना इन राज्यों की प्रति व्यक्ति बिजली की खपट को बढ़ाने के साथ साथ क्ल आर्थिक विकास में भी योगदान देगा

यह पखवाड़ा आगामी इकत्तीस मार्च तक चलेगी महिला एवं बाल विकास विभाग ने कल बालिजान के सम्मेलन हॉल आई बी में राष्ट्रीय पोषण जागरुकता अभियान कार्यक्रम की श्रुआत की इस वर्ष पोषण पखवाड़ा खाद़य वानिकी और पोषण पंचायत के माध्यम से पोषण संबंधी च्नौतियो पर ध्यान केंद्रित करेगी खाद्य वानिकी के अंदर नेश्नल मेडिशनल प्लांट बोर्ड आय्ष मंत्रालय दवारा स्थानीय पंचायत और जिला उपाय्क्तो के नेतृत्व में महत्वकांक्षी जिलों के आंगनवाड़ी केंद्रो को पोषक तत्वों से भरप्र पौधो के वितरण के साथ साथ गांव स्तरीय जागरुकता कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा अभियान के दौरान राज्यभर में पोषण स्टिकर से युक्त आई ई सी सामग्री को उपयोग मे लाया जाएगा

लोकसभा पिछले वर्ष मार्च में इसे पारित कर चुकी है